राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी निर्मला सीतारामन और रामविलास पासवान सहित अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली प्रदेश में बढ़ रही प्रचंड गर्मी से सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त मैसम वैज्ञानिकों ने अगले दो तीन दिनों तक तापमान में गिरावट न आने की जताई संभावना हिन्दी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई मैं नरेन्द्र दामोदार दास मोदी ईश्वकर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थामपित भारत के संविधान के प्रति सच्चीम श्रद्वा और निचा रखूंगा मैं भारत की प्रमुता और अखंडता अक्षण रखूंगा मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्दापूर्वक और शुद्द अंतरूकरण से निर्वाहण करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याषय करूंगा मैं नरेन्द्र दामोदार दास मोदी ईस्वर की रापथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यमक्ति या व्येक्तियों को तबके सिवाय जबोकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्पिक निर्वाहण के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्य क्ष अथवा अप्रत्य क्ष रूप से संस्कृषित या प्रकट नहीं करूंगा चौबीस लोगों को कैबिनेट मंत्री नौ को स्वातंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई उनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्दा गौड़ा निर्मला सीतारामन रामविलास पासवान नरेन्द्र सिंह तोमर रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल थावर चन्द गहलोत डॉएसजयशंकर डॉ रमेश पोखरियाल निशंक अर्जुन मुंडा स्मृति ईरानी डॉ हर्षवर्धन प्रकाश जावड़ेकर पीयूष गोयल धर्मेन्द प्रधान मुख्तार अब्बांस नकवी प्रहलाद जोशी महेन्द्र नाथ पांडेय अरविन्द सावंत गिरिराज सिंह और गजेन्द्र शेखावत शामिल हैं संतोष कुमार गंगवार राव इन्द्रजीत सिंह श्रीपद यसो नाईक डॉ जितेन्द्र सिंह किरेन रिजिजू प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल आरके सिंह हरदीप सिंह पुरी मनसुख लाला मंडाविया को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई फग्गन सिंह कुलस्तो अश्वनी कुमार चौवे अर्जुन राम मेघवाल जनरल वीके सिंह कृष्ण पाल गुर्जर दानवे राक्साहेब दादाराव और जी किशन रेड्डी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में नरेन्द्र मोदी ने देश के पन्द्रहवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली पिछली सरकार में मंत्री रहे कई सांसदों को दोबारा मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया भाजपा अध्यीक्ष अमित शाह जो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए है उन्हें भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया इसके अलावा पहली बार जिन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है उनमें झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री अर्जुन मुंडा और उत्तरराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हैं एन डी ए के सहयोगी दलों में से लोक जन शक्ति पार्टी शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों को भी नई सरकार में जगह मिली है आकाशवाणी समाचार दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में बिम्साटेक देशों के राष्ट्रध्यक्ष और शासनाध्यक्ष विदेशी राजदूत राज्यपाल मुख्यमंत्री विपक्षी नेता प्रमुख उद्योगपति फिल्मी सितारे और खिलाड़ी उपस्थित थे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना म्यामां के राष्ट्रपति ऊ विन म्यिन और बांग्लादेश के राष्ट्रापति मोहम्मद अब्दुल हामिद भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टपर लोते छेरिंग नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली थाईलैंड की विशेष दूत ग्रिसाडा बूनरेच किर्गिजस्तारन के राष्ट्रपति सूरोनवे जीनबेकोफ और मारीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनाथ समारोह में उपस्थित थे जिन मुख्यमंत्रियों ने समारोह में भाग लिया उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार कर्नाटक के मुख्ययमंत्री एचडी कुमार स्वामी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के देवेन्द्र फडनवीस और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल प्रमुख हैं विपक्ष की ओर से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है कल शपथ ग्रहण से पहले नरेन्द्र मोदी ने इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्व स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इससे पहले उन्होंने राजधाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री सदैव अटल समाधि भी गये और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वास्मन अर्पित किये कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह एक महीने के लिए किसी भी न्यूज चैनल के वाद विवाद कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने टवीट के जरिये सभी न्यूज चैनलों और संपादकों से अनुरोध किया है कि वे अपने कार्यक्रम में कांग्रेस प्रतिनिधियों को शामिल न करें प्रदेश में बढ़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तापमान में लगातार वृद्वि जारी है मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सबसे गर्म स्थान प्रयागराज रहा जहां अधिकतम तापमान अड़तालिस दशमलव शून्य छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से सात डिग्री अधिक है राज्य के सभी जिलों में दिन का तापमान सामान्य से दो से सात डिग्री अधिक दर्ज किया गया बांदा में तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक अड़तालिस दशमलव शून्य दो लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक चौवालिस दशमलव शून्य आठ वहीं वाराणसी हमीरपुर आगरा में छियालिस डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो तीन दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा इसके बाद तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है प्रदेश में मानसून देरी से आने की संभावना है बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक अट्ठारह लोगों की मौत हो गई है और करीब पचास लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ठेकेदार दानवीर पप्पू जायसवाल और आबकारी विभाग के एक निरीक्षक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है हिन्दी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये इस अवसर पर जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय में राष्ट्र निर्माण में हिन्दी पत्रकारिता का योगदान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुन्दरलाल ने कहा कि हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि तीस मई अट्ठारह सौ छब्बीस में उदंत मार्तड के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ जिसने स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई वहीं अमरोहा जिले में पत्रकार संगठनों ने राज्यपाल के नाम बीस सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा बिजनौर जिले में हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा गोष्ठियों का आयोजन किया गया प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगार को स्वरोजगार स्थापित कराने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है इच्छुक बेरोजगार आगामी पन्द्रह जून तक ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में निशुल्क ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा किये जा सकते हैं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त पवन अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की आयु अट्ठारह से चालीस वर्ष के बीच और उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिये श्री अग्रवाल ने बताया कि उद्योग क्षेत्र की परियोजना स्थापना के लिये अधिकतम पच्चीस लाख रूपये और सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापना के लिये अधिकतम दस लाख रूपये तक की धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी